राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत को इस बात का गर्व है कि यहा बौद्ध धर्म का उदय हुआ उन्होंने कहा कि देश क लोगों ने बौद्ध धर्म को सच्चाई की नई अभिव्यक्ति के रूप में देखा भगवान बुद्ध का ज्ञान तथा शिक्षाएं बौद्धिक उदारता और आध्यात्मिक विविधता के सम्मान की भारत की परम्परा के अनुरूप ह उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्म चक्र दिवस समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन किया समारोहों का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया है राष्ट्रपति कोविन्द ने कहा कि बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेशों का विशेष महत्व है उन्होंने कहा कि धम्म चक्र दिवस वाराणसी के निकट सारनाथ में पहले पांच शिष्यों को भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में मनाया जाता है बौद्ध धर्मावलम्बी इसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं यह दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है हिन्दू और जैन इसे अपने आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति श्रद्वा के रूप में भी मनाते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व इस समय असाधारण चुनौतियों से जूझ रहा है और इनके अंतिम समाधान केवल भगवान बुद्ध के आदर्शों से ही प्राप्त हो सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं अतीत में प्रासंगिक थीं वर्तमान में प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगी श्री मोदी ने कहा कि होनहार युवा वैश्विक समस्याओं के समाधान तलाश रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरू पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है अपने संदेश में मुख्यमंत्रो ने कहा कि यह पर्व हमें सत्य मार्ग पर ले जाने वाले महाप्ररूषों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने की प्रेरणा देता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से लॉकडाउन में पार्टी की ओर से किये गये सेवा कार्यो की समीक्षा की इस मौके पर उन्होंन कहा कि यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा सेवा यज्ञ है प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश भाजपा की कोरोना में किये गये कार्यो की तारीफ की बाइट उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई जितनी बड़ी मात्रा में काम हुआ है उत्तर प्रदेश में और जिस प्रकार से सरकार ने और संगठन ने इन सारी चीजों को संभाला है वह अपने आप में बहुत बधाई को पात्र हैं काशी का मैं सांसद रहा हूं तो मैं लगातार काशी के लोगों से बातें करता रहता था और इसके कारण कितने प्रकार के लगातार मुझे जानकारी मिलती थी वहां सरकार के लोगों से भी सम्पर्क में रहता था इतनी बड़ी इसकी व्यापकता इतनी विविधता इतने बड़े स्केल पर और इतने लम्बे अर्से तक हिन्दुस्तान के हर कोने में मैं समझता हूं कि मानव इतिहास कार सबसे बड़ा सेवा यज्ञ है अगर इसको दुनिया के किसी पश्चिम के देश में ऐसी घटना धरती तो पूरे विश्व में इसका जय जय कार चलता प्रधानमंत्री ने पार्टी से कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में किये गए कार्यों की मंडल जिले और राज्य स्तर फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक डिजिटल ब्रक बनाने की अपील की जिससे लागों को उससे प्रेरणा मिल सके बाइट मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं कि क्या हम हर मंडल की एक डिजिटल बुकलेट इस पूरे काम को समेटते हुए लोगों के अनुभव हो उनके इंटरव्यूज हो उनकी चिट्ठियां हो ऐसे समय में लोगों ने गीत बनाये कविताएं बनाई है सेवा के काम हुए है हर मंडल के एक डिजिटल में बाद में हर डिजिटल की उसका एक कम्पाइलेशन वाली अच्छी डिजिटल बुक और फिर राज्य की एक डिजिटल बुक और फिर पूरे देश की एक डिजिटल बुक

भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण आई वैश्विक आपदा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा देश में गरीबों जरूरतमंदों और आम जन मानस की सहायता और सेवा कार्यो की समीक्षा के लिये आज सेवा ही संगठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई मंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे इस दौरान श्री नड़डा ने कहा कि कोरोना पर प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व की विश्व भर में तारीफ की गई उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान चार हजार वीडियो कांफ्रेंसिंग की गई

इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने कोरोना की आपदा के दौरान प्रदेश में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंदों की सहायता और सेवा के लिये किये गये कार्यो की जानकारी दी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

उन्होंने कहा कि इन दोनों जनपदों में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि गाजियाबाद और बूलन्दशहर में स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम भेजी जाये जो वहां कैम्प करे

उन्होंने बुलन्दशहर में भी स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम को भेजे जाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी ट्रूनेट मशीन कार्यशील करने का स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाये

मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों की स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग के लिये अलग से अधिकारी नामित करने को कहा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक चिकित्सालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना और कोविड अस्पतालों में भर्ती रोगी के परिजनों को उसके स्वास्थ्य की नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये हैं मूख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि के लिये पभावी प्रयास किया जाये और प्रदेश में चलाये जा रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने के लिये सभी संबंधित विभाग प्रभावी ढंग से कार्रवाई करे

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ मे प्रेस प्रतिनधियों को बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है

इस ठेके के लिए चीन की कंपनी ने भी आवेदन किया था ब्यौरा हमारे संवाददाता से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के रेल प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने कहा कि ये ट्रेनें कम ईंधन इस्तेमाल करने वाली मजबूत पर्यावरण के अनुकूल और कम आवाज करने वाली होने के साथ ही यात्रियों को आरामदायक सफर का अहसास भी करायेंगी यह ट्रेन कोच पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील के होने के कारण काफी हल्की होंगे उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद कानपुर मेट्रो का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है और इस ठेके के दिये जाने से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ आगरा और कानपुर की जनता का अपनी मेट्रो रेल होने का सपना भी जल्द ही पूरा होगा सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने इस समस्या को दूर करने के लिए कक्षा से घर पर शिक्षण प्रणाली विकसित की है इसके जरिये स्मॉर्ट फोन का इस्तेमाल करते हुए अध्यापकों के व्याख्यान और निर्देश रिकॉर्ड किये जा सकते हैं विभाग के डॉक्टर अमनदीप सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस एप का नाम मोबाइल मास्टरजी है यह एप ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए काफी मददगार होगा